प्रधानमंत्री कार्यालय ने टविटर पर यह जानकारी दी

उन्होंने कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मैराथन बैठक में लाकडाउन के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया था

सीधी जिले के कमर्जी थाना क्षेत्र के ग्राम कोल्हडीह में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ सीधी में कोरोना ने दस्तक दे दी है

सीहोर जिले में आज दो और कोरोना पाजिटिव मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार हो गयी है

शहडोल जिले के कोरोना संक्रमित तीनों मरीज आज पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए

कहते हैं न जहाँ चाह वहां राहये महिलाएं भी लॉक डाउन में मास्क बनाकर न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैसाथ ही लोगों की सेहत कि देखभाल का जरिया भी

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने द्रसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों से चिंता न करने की अपील करते हए आज कहा कि उनकी सकृशल एवं स्रक्षित वापसी के लिए काम किए जा रहे हैं

बस ब्रहानप्र से सीधी जा रही थी कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने आज नरसिंहपुर बस दुर्घटना के घायलों के सम्चित उपचार के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए अंतरराष्ट्रीय नर्सेज डे आज अंतरराष्ट्रीय नर्सेज डे है देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में नर्सों का किरदार बेहद खास है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू लाकडाउन के कारण लोग अपनी स्रक्षा के लिए घरों में हैं लेकिन स्वास्थ्य अमला पूरे जोश और जूनून के साथ कोरोना से लड़ने में डटा हआ है स्वास्थ्य विभाग की सबसे मजबूत कड़ी नर्स हैं जो अपने परिवार से दूर रहकर दिन रात इस बीमारी से संक्रमित लोगों की सेवा कर रही है